कल झारखंड के बावन केंद्रों पर दो हजार सात सौ पैंतीस स्वास्थकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया इस वर्ष जेईई मेन और नीट के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है जेईई मेन के परीक्षार्थियों को नब्बे प्रश्नों में से पचहतर के जवाब देने का विकल्प रहेगा स्वास्थ विभाग ने राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम अस्पताल और डायगोनेस्टिक सेंटरों को तीस जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में कई अन्य देशों को भी ये टीके सप्लाई किए जाने लगेंगे श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को एक पूराने सहयोगी देश के नाते बडे सम्मान से देखा जाता है एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पडोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं इसके मद्देनजर भूटान मालदीव बंगलादेश नेपाल म्यनमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति कल से शुरू की जाएगी मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक विनियामक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है विदेशों को टीकों की सप्लाई करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू टीका निर्माताओं के पास देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रहे

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में बताया कि टीकाकरण के बाद शून्य दशमलव एक आठ प्रतिशत लोगों पर टीके का प्रतिकूल असर देखा गया स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के पहले दिन विश्व में सबसे अधिक लोगों को भारत में टीके लगाए गए पहले दिन देशभर में दो लाख सात हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए

झारखंड में कल बावन केंद्रों पर दो हजार सात सौ पैंतीस स्वास्थकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया रांची जिले में तीन पश्चिम सिंहभूम में चार और खूंटी जिले के एक सेंटर सहित अन्य जिलों में टीकाकरण किया गया स्वास्थ विभाग की रिपोर्ट के अनुसार टीकालेने वाले लोगों में से अठारह लोगों को जीभ मचलने और चक्कर आने जैसी समस्याएं हुई इन लोगों को अस्पताल में रोक कर रखा गया जब ये लोग पूरी तरह से सामान्य हो गये तब उन्हें घर भेजा गया

झारखंड में कल एक सौ एक कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं

वहीं सरायकेला सिमडेगा कोडरमा लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम से एक एक संक्रमित मिले हैं राज्य में अबतक कुलएक लाख सत्रह हजार आठ सौ सतासी संक्रमित मिले हैं वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार एक सौ सैंतालीस हैं कल राज्य में कोरोना की वजह से तीन लोगों की मौत हो गयी अबतक कोरोना की वजह से एक हजार संतावन लोगों की मौत हो चुकी है खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी वस्त्र की खरीद और प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसार है और इनका उद्देश्य खादी दस्तकारों और देशभर में जनजातीय लोगों की बडी आबादी के बीच तालमेल बढाकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना है रांची नगर निगम ने निजी पलबंर के माध्यम से वाटर कनेक्शन लेने पर रोक लगा दी है अब लोगों को नगर निगम से निबंधित पलंबरों से ही वाटर कनेक्शन लेना होगा जो व्यक्ति गैर निबंधित पलंबर से वाटर कनेक्शन लेंगे उनलोगों पर निगम प्राथमिकी दर्ज करेगा इसके अलावा जुर्माना भी वसूल किया जायेगा निगम ने वाटर कनेक्शन लगाने के लिए तीस पलंबरों को निबंधित किया है इन पलंबरों को निर्देश दिया गया है कि वाटर कनेक्शन की स्वीकृति मिलने के बाद ही काम करें

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ज्वाइंट इंट्रेंस एक्जामिनेशन जेईई मेन और नेशनल इलिजेब्लीटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट के सिलेबस में इस साल किसी तरह का बदलाव नहीं किया है जेईई मेन के परीक्षार्थियों को नब्बे सवालों में से पचहतर के जवाब देने का विकल्प रहेगा इन नब्बे प्रश्नों में तीस तीस सवाल गणित रसायन और भौतिकी के होंगे

पिछले साल जेईई मेन में पचहतर प्रश्न पूछे गये थे परीक्षार्थियों को सभी का जवाब देना था

वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय ने दो हजार इक्कीस बाइस में आईआईटी एनआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए मानदंडों में छूट का ऐलान किया है

इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है दलबदल के मामले में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच कानूनी दांवपेच और तेज हो गये हैं भाजपा ने झाविमो छोड़कर कांग्रेस में शामिल होनेवाले विधायक प्रदीप यादव और बंध् तिर्की के खिलाफ दलबदल को लेकर याचिका दाखिल की है विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में दोनों विधायकों के खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यता रद्द करने का आवेदन दिया गया है वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने दलबदल के मामले में स्पीकर द्वारा जारी नोटिस और स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर कल सुनवाई की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि स्पीकर के अधिकार की संवैधानिक वैधता के बिंदुओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की दलबदल मामले में स्पीकर द्वारा स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर पूर्व में लगायी गयी रोक को खंडपीठ ने हटा दिया है केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप कंपनी से कहा है कि वह अपनी निजता यानी प्राइवेसी नीति में हाल में किए गए बदलावों को वापस ले ले सरकार ने यह भी कहा है कि एकतरफा तरीके से किए गए कोई भी बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य हैं इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कठोर शब्दावली वाला एक पत्र व्हाट्सऐप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विल कैथकार्ट को लिखा है जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सऐप की सेवा शर्तों और निजता नीति में उपयोगकर्ताओं को छोडने का विकल्प दिए बिना किए जा रहे प्रस्तावित बदलाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं इनसे भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनके चुनने की स्वतंत्रता को लेकर कई दृष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं मंत्रालय ने कहा है कि भारत में व्हाट्सऐप का उपयोग करने वालों की संख्या द्वनिया में सबसे अधिक है और यह व्हाट्सऐप की सेवाओं के लिए सबसे बडा बाजार भी है सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से कहा है कि वह प्रस्तावित बदलावों को वापस ले ले और सूचना संबंधी निजता चुनने के विकल्प और डाटा सुरक्षा के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है निबंधन कराये बगैर अगर कोई व्यक्ति या संस्थान किसी भी तरह का क्लीनिक नर्सिंग होम अस्पताल और डायगोनेस्टिक सेंटर चलायेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जायेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनआईए के विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए के तहत आतंकवादी और वामपंथी उग्रवादी गतिविधि मामलों की सुनवाई की तर्ज पर ही झारखंड में एनआइए के विशेष न्यायालय का गठन किया जायेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए का विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध किया गया था इन आतंकी गतिविधियों में शामिल कई आरोपियों की गिरफ्तारी रांची और जमशेदपुर से हुई थी विशेष न्यायालय की स्वीकृति एनआईए से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लायेगा अखबारों की सुर्खियांराज्य में प्रकाशित होने वाले अधिकतर दैनिक अखबारों ने आज भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा ब्रिसबेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत को पहली खबर बनाया है प्रभात खबर ने भारत की जीत को लेकर शीर्षक बनाया है युवा जोश लड़े और जीते वहीं दैनिक भाष्कर ने देख ले दुनिया यही है न्यू इंडिया शीर्षक से भारत की जीत को पहले पत्रे पर जगह दी है दैनिक हिंदुस्तान ने दलबदल मामले में स्पीकर के स्वतः संज्ञान के अधिकार पर हाईकोर्ट करेगा फैसला खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान केंद्र सरकार से झारखंड को है अधिक उम्मीदें को लीड खबर बनाया है रांची एक्सप्रेस ने संसद की थाली से हटी रियायत शीर्षक की खबर को पहले पेज पर जगह दिया है हिंदुस्तान टाइम्स ने व्हाट्ऐप कंपनी को प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को वापस लेने के केंद्र सरकार के निर्देश को पहले पन्ने पर जगह दी है